राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा निर्मला सीतारामन रामविलास पासवान नरेन्द्र सिंह तोमर रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल थावर चन्द गहलोत डॉएसजयशंकर डॉ रमेश पोखरियाल निशंक अर्जुन मुंडा स्मृति ईरानी डॉ हर्षवर्धन प्रकाश जावड़ेकर पीयूष गोयल धर्मेन्द प्रधान मुख्तार अब्बास नकवी प्रहलाद जोशी महेन्द्र नाथ पांडेय अरविन्द सावंत गिरिराज सिंह और गजेन्द्र शेखावत शामिल हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राज्य मंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ ली अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चौथी बार लगातार सांसद निर्वाचित हुए हैं और उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में पहली बार जगह मिली है अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री व अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल ने बधाई दी है जयराम ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि प्रदेश के एक युवा नेता को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में जगह मिली है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी सांसद अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके केन्द्र सरकार में मंत्री बनने से प्रदेश को लाभ मिलेगा मंत्रि परिषद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी नई मंत्रिपरिषद को युवा ऊर्जा और प्रशासनिक अनुभव का मिलाजुला स्वरूप बताया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपीनीयता की शपथ दिलाये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में उच्चकोटि के सांसदों और ऐसे सदस्यों को शामिल किया है जिनका उल्लेखनीय व्यावसायिक जीवन रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हम सब मिलकर भारत की प्रगति के लिए काम करेंगे मौसम देश के मैदानी हिस्सों में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी की तपिश पहाड़ों तक भी पहुंच गई है

मौसम विभाग ने मौजूदा मौसम में कोई खास परिवर्तन न होने की सम्भावना जताई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

अजीत समाचार हिमाचल दस्तक और आपका फैसला के लगभग एक जैसे शब्द हैं मोदी ने दूसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ सांसद अनुराग ठाक्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए जाने को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है अनुराग बने मंत्री नडडा हो सकते हैं भाजपा के सिरमौर पंजाब केसरी के शब्द हैं जीत का चौका लगाने पर अनुराग को मिला मंत्री पद दैनिक जागरण का शीर्षक है अनुराग की शपथ के साथ पूरा हुआ शाह का वादा पिता धूमल की हार की होगी भरपाई बढ़ेगा परिवार का कद शीर्षक दैनिक भास्कर ने लिखा है अनुराग के राज्य मंत्री बनने से बदलेंगे समीकरण नडडा बनेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है अमित शाह के मंत्री पद संभालते ही हिमाचल से सांसद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना पंजाब केसरी के शब्द हैं जे पी नडडा का भाजपा अध्यक्ष बनना लगभग तय कोटखाई के विधायक व पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा की नियुक्ति से जुड़ी खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है मुख्य सचेतक की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती